श्री नायड् ने कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार न्यायाधीशों के खाली पदों पर तेजी से भर्ती कर रही है उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में साढ़े तीन सौ से अधिक नई नियुक्तियां की गई हैं उपराष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव संबंधी अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए अलग अदालतें बनाई जानी चाहिए और ऐसे मामलों का निपटारा समय पर होना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि दल बदल कानून में भी सुधार की आवश्यकता है

आकाशवाणी से विशेष भेंट में श्री रावत ने कहा कि राजस्थान सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदान पुष्टि पर्ची वीवी पैट मशीनें भी इस्तेमाल की जाएंगी उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है

दिव्यांगों और बुजुर्गो की आवश्यकता के मद्देनजर इस बार की थीम सुगम मतदान रखी गई है

टोंक जिले में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन मुस्तैद है हमारे संवाददाता ने बताया कि महिलाओं के लिए इस बार पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए है

जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि सरकारी विश्राम गृहों में राजनैतिक हस्तियों को आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी लेकिन विश्राम गृहों से राजनैतिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा आगामी विघानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम की तैयारी वितरण संग्रहण और मतगणना के लिए जयपुर जिले में विभिन्न संस्थाओं के भवनों और परिसर का अधिग्रहण किया गया है

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और मीडिया टीम के सदस्य केके शर्मा सहित कई लोगों ने भाग लिया

यह सभी बैठकें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पाण्डे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की मौजूदगी में होगी

दोनों ही सरकारों ने जनता से किए अपने वायदें पूरे नहीं किए है श्री काजी कल अजमेर में कांग्रेस सेवादल के दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस अवसर पर सांसद रघु शर्मा कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है इसलिए पार्टी इन चुनावों को पूरी गंभीरता से ले रही है

इस दौरान बुखार से प्रभावित व्यक्तियों और विशेषकर गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है

उन्होंने बताया कि आज से घरों में लार्वा पाए जाने पर चालान काटने की कार्यवाही की जाएगी वहीं एन्टीलार्वा गतिविधियों का प्रतिरोध करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य टीमों में लगाए गए डॉक्टर और चिंकित्साकर्मियों को बिना उनकी अनुमति के नहीं बदला जाएगा इससे पहले श्रीमती गुप्ता ने जीका प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया उन्होंने जयपुर के हीरा बाग स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती जीका पीड़ित मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली

जिसमें स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीन गुप्ता जीका वायरस संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायो पर जनता से सीधी बातचीत करेगी

प्रलिस ने बताया कि हादसे में तीन स्कूली छात्रों और पांच अध्यापिकाओं की मौके पर ही मौत हो गयी थी जबकि एक छात्रा ने यहां एमबी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया घटना में घायल दो छात्रों का फिलहाल इलाज जारी है